झारखंड में कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए सतासी हजार पांच सौ सैंतालीस लोगों ने कराया पंजीकरण केन्द्र और किसान संगठनों के बीच हुई ग्यारहवें दौर की वार्ता में नहीं बन सकी सहमति सरकार ने कहा किसान संगठनों को सभी संभावित विकल्प दिए गये और कोडरमा जिले के फ़लवरिया स्थित माइका खदान में दबे चार शवों को निकाला गया बाहर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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रधानमंत्री ने वच्छल माध्यनम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से यह बात कही

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्वाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है

इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि अतीत में चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीकों के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक पैदा हो रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के छह दिन के अंदर ही दस लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगाये जा चुके हैं

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है पंचायतों में और ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख रखाव अनुबंध सेवा अनुबंध करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दे दिया है

गौरतलब है कि करीब एक हजार छह सौ संविदाकर्मी आंदोलनरत हैं और अपनी सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं

इस लाठीचार्ज में पंचायती राज लेखा लिपिक और कनीय अभियताओं के लगभग आधे दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों को चोटें आई हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों की ओर से बिरसा चौक के पास धरना दिया जा रहा था दोपहर के समय आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए झारखंड मंत्रालय की ओर जाने लगे

बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य की वर्तमान सरकार पर जनता के पैसे का द्रूपयोग करने का आरोप लगाया है श्री दास ने आज रांची में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि राज्य सरकार बिजली और सड़क जैसी आधारभूत संरचना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रही है

एसएडब्ल्यू को डीआरडीओ के अनुसंधान केन्द्र आरसीआई हैदराबाद ने विकसित किया है

बैठक की अगली तारीख भी तय नहीं हो सकी है बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने कहा है कि हम कृषि कानूनों को दो साल तक होल्ड रखने को तैयार हैं अगर किसान संगठन इस प्रस्ताव पर तैयार होते हैं तभी अगले दौर की वार्ता होगी इस बीच केन्द्र सरकार ने किसान संगठनों से कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से सभी संभावित विकल्प किसानों को दिए हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि सरकार एक और बैठक के लिए तैयार है अगर किसान संगठन षि कानूनों के डेढ़ साल निलंबित रखने के प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार हों इससे पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसान संगठनों की वार्ता हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों से लड़ने का जोश है उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया को तेज करेगी असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वचुर्अल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नूतन प्रौद्योगिकी बहु विषयीय ्रष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है उन्होंने आशा प्रकट की कि तेजपुर विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक बाधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई लड़ी और कोरोना वायरस को फैलने से रोका और मेक इन इंडिया मिशन के जरिये स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जायेंगे

केन्द्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर साल तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में दो समारोहों की अध्यक्षता करेंगे कल दोपहर कोलकाता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुस्तकालय में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे भारतीय रेलवे ने वंदे भारत रेलगाड़ियों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया है प्रत्येक रेलगाड़ी में सोलह डिब्बे होंगे इसकी खरीद में आपूर्तिकर्ता के साथ पांच वर्ष का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध भी शामिल है रेल मंत्रालय के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि कूल लागत मूल्य की कम से कम पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय सामग्री वाली निविदा आमंत्रित की गई है इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है मंत्रालय ने कहा है कि तीन निविदाकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और सबसे कम मूल्य स्वदेशी निर्माता द्वारा रखे गए थे जिसमें कुल मूल्य के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की स्थानीय सामग्री का मानदंड पूरा किया गया था कोडरमा जिले के फुलवरिया जंगल स्थित घटोरिया माइका माइन्स में चाल धंसने से चार माइका मजदूरों की मौत हो गई है चारों शवों को खदान से बाहर निकाल लिया गया है जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में मजदूर माइका के खनन कार्य में जुटे थे तभी ऊपर से मिट्टी और पत्थर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और इसकी चपेट में आने से छह लोग दब गए जिनमें से दो लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया और चार लोगों की दबने से मौत हो गयी लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे अस्सी वर्ष के थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है

गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष श्रम और रोजगार मंत्रालय की झांकी में सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए श्रम सुधारों का चित्रांकन किया जाएगा यह झांकी कड़ी मेहनत का सम्मान और सभी के लिए समान अधिकार पर आधारित होगी इस झांकी में हाल के श्रम सुधारों के कार्यान्वयन के बाद संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को चित्रित किया गया है पाकुड़ जिले में छापेमारी कर बिना चालान के पत्थर ढोनेवाले दर्जनों वाहनों को जब्त किया गया है जिले के एसडीओ से जिला टास्क फोर्स के संयोजक प्रभात कुमार ने आज मालपहाड़ी पत्थर औद्योगिक क्षेत्र के खपड़ाजोला मौजा में छापेमारी की